प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सही इरादे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि इससे देश के एक सौ तीस करोड़ लोगों का भविष्य बेहतर होगा प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट को संबोधित कर रहे थे बाइट सधे विकास की गति बढ़ाने के लिए आम तौर पर चार बातों पर ध्यानि जाता है टैक्सर रेट में कमी ईज आफ डूइंग द बिजनेस में सुधार लेबर रिफॉर्मस और डिसइन्वेस्टटमेंट इन सभी पहलूओं पर सरकार ने जो कदम उगएं हैं वो बेहतर भविष्यर की उम्मीद जगाने वाले हैं इसी साल पर्सनल टैक्सह को लेकर हमने बड़ा फैसला लिया और पांच लाख रुपये तक की इनकम को टैक्सम फ्री कर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मूल प्रशासनिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने का दौर आ गया है और बेहतर सुशासन के लिए लोगों के जीवन में सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पहले की वायदों की राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की राजनीति में विश्वास करती है

इसके लिए विकास और सुशासन के हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

जब यहां के लोगों का भविष्य सुधरेगा तो भारत का भविष्य अपने आप सुधरता दिखेगा श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए हाल ही में फैसला किया गया है

हाल में मंत्रिमंडल की बैठक में नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दिये जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार लोगों को भारतीय नागरिकता देने से उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा श्री मोदी ने कहा कि अयोध्या भूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले अनेक आशंकाएं प्रकट की जा रहीं थीं लेकिन देश के लोगों ने ऐसी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय पर श्री मोदी ने कहा कि इससे बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती मिली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कारागार सुधार गृह है इन्हें अपराध का गढ़ नहीं बनने दिया जायेगा उन्होंने कहा कि तकनीकी के माध्यम से किसी भी काम को आसान बनाया जा सकता है लेकिन इसके लिये उचित प्रशिक्षण और लागू करने वाली टीम के बीच समन्वय आवश्यक है मुख्यमंत्री ने कहा कि कारागार विभाग ने तकनीकी का उपयोग करके विभाग में तेजी से सुधार किया है श्री योगी आज लखनऊ में कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएं मुख्यालय के कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर में वीडियो वॉल का लोकापण कर रहे थे यह सेन्टर आटिफिशियल इंटेलीजेंस से संचालित है

उन्होंने कहा कि कारागारों में मानव संसाधन की समस्या के निराकरण के लिये कार्रवाई की जा रही है कारागारों में मोबाइल फोन के प्रयोग को समाप्त करने के लिये कानून बनाया जा रहा है आकाशवाणी संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी से खास बातचीत में प्रदेश के महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं आनन्द कुमार ने बताया कि यह वीडियो वॉल एण्ड कमांड सेन्टर अपने आप में देश में पहली तरह का है

इसी प्रकार हम यहां से बैठ करके उसकी मानिटरिंग करेंगे

इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें आगामी पन्द्रह से उन्नीस जनवरी तक लखनऊ में आयोजित होने वाले कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया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

केन्द्र सरकार ने कहा है कि गंगा विश्व की दस सबसे स्वच्छ नदियों में से एक हो गई है नई दिल्ली में चौथे भारत जल प्रभाव सम्मेलन को संबोधित करते हुए जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने गंगा को स्वच्छ बनाने में सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि केन्द्र गंगा की स्वच्छता और अविरल प्रवाह के लिए प्रतिबद्ध है

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने आज संसद भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी प्रदेश के विभिन्न स्थानों से भी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के समाचार है

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन हम सभी के लिये एक प्रेरणा का स्रोत है उन्होंने न केवल विषम परिस्थितियों में शिक्षा हासिल की बल्कि लोगों को न्याय दिलाने के लिये भी आगे आये उनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करके ही सच्ची स्वाधीनता पाई जा सकती है बाबा साहब ने इसके लिये शिक्षा को ही प्रमुख हथियार माना श्री योगी ने बताया कि बाबा साहब की स्मृतियों को ताजा करने के लिये विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया

बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है यही उन्हें सच्ची श्रद्वाजलि है इस अवसर पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने भी बाबा साहब के अस्थि कलश पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्वाजलि दी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बाबा साहब को संविधान शिल्पो बताते हुए कहा कि उन्होंने देश को एक मजबूत संविधान देकर देश की सेवा की है उन्नाव में जलाई गई दुष्कर्म पीडिता की हालत बेहद गंभीर है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ सुनील गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि पीडिता को वेंटीलेटर पर रखा गया है और डॉक्टरों का एक दल उसे बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है आरोप है कि इस महिला को पांच लोगों ने जलाकर मारने का प्रयास किया था

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य पुलिस से उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को जलाये जाने के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है इस मामले की छानबीन के लिए विशेष जांच दल बनाया गया है अयोध्या में विवादित ढांचा गिराये जाने की आज बरसी को देखते हुए अयोध्या सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गय हैं

अयोध्या में पुलिस बल सुबह से ही आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखते हुए जगह जगह चेकिंग कर रहे हैं केन्द्रीय पुलिस बलों के साथ स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों पर रूट मार्च किया